प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि निवेशकों के लिए आगे बढकर मदद करने के लिए कार्य करना चाहिए और केन्द्र तथा राज्य से समयबद्व स्वीकृति मिलने में आ रही दिक्कतों पर ध्यान देना चाहिए बैठक में वित्त मंत्री गृहमंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया

पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक अपराध बी एल सोनी ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है चिकित्सा स्वास्थ्य पुलिस और सफाई जैसे विभागों से जुड़े कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाओं को सख्ती से लिया गया है इन मामलों में प्रत्येक मुकदमे का पुलिस अधीक्षक और रेंज आईजी स्तर पर सुपरविजन किया जा रहा है इधर पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव आज भरतपुर के दौरे पर रहे उन्होंने पुलिस अन्वेषण भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर चल रहे कार्यों की जानकारी ली वहीं पाली मे आज आईजी नवज्योति गोगोई ने दौरा किया आईजी ने सर्किट हाउस में पुलिस अधीक्षक के साथ चर्चा की और लॉकडाउन की पालना के लिए आवश्यक निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सक अपनी औषधियों से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद कर सकते हैं सरकार को आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सकों का भी सहयोग इस समय लेना चाहिए डॉ प्रनिया ने जलदाय मंत्री बी डी कल्ला को भी पत्र लिखकर गर्मियों में जनता के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है

यहां सरकार की ओर से लॉकडाउन में मिली छूट के कारण कुछ गतिविधियां शुरू हो गयी है जिनसे कई लोगों को राहत मिली है रिक्शाचालक संजय सोनी ने बताया कि छूट मिलने के बाद पिछले चार पांच दिनों से वह रिक्शा चलाकर कुछ कमाई कर पा रहे हैं जिले के दकानदार गगनदीप सचदेवा ने आकाशवाणी को बताया कि लॉकडाउन में छट के निर्णय से वे अपना व्यवसाय फिर से कर पा रहे हैं और सोशल डिस्टेसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं

एक ट्वीट में सुचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है

डिजिटल तकनीक का उपयोग कर उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाने के लिए इस एप का निर्माण किया गया है जन औषधि केन्द्रों पर लोगों को किफायती दामों पर जैनरिक दवाइयां मिलती है

इस एप से व्यक्ति खुद को अपने परिवार को और दूसरों को सुरक्षित रख सकता है यह कोरोना संकमण पकड़ने के जोखिम का आकलन करता है

ग्यारह भाषाओं में उपलब्ध ये एप अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर विकसित किया गया है जिसका उपयोग काफी आसान है सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने छोटे उद्योगों के लिए बैंक की योजनाओं नवाचार और अनुसंधान से संबंधित एक पोर्टल जारी किया इस पोर्टल पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है इस पर छोटे उद्योगों के लिए नवाचार और अनुसंधान भी रखे गए हैं इस पर पूंजी के प्रवाह और विदेश कारोबारी गठबंधन की सुविधा भी दी गई है इस वसर पर श्री गडकरी ने कहा कि इस पोर्टल से छोटे उद्योगों को बहत फायदा होगा

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे फिल्मों और देश की प्रगति के बारे में बहत उत्साही थे राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख व्यक्त किया है राज्यपाल ने एक ट्वीट कर कहा कि उनका निधन सिनेमा जगत के लिए अप्रणीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है ऋषि कप्र का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया था

लैला मजनू दीवाना कर्ज नगीना चांदनी बोल राधा बोल दामिनी और प्रेम रोग जैसी फिल्मों में काम कर उन्होंने वॉलीवुड में अपनी विशेष पहचान बनायी